मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की

बीकानेर में चल रहे भारत अमेरिका सैन्य युद्वाभ्यास का समापन कल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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

आज नीति आयोग की शासकीय परिषद की बैठक को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संबोधित करते हये उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है और कोई समय नहीं गंवाना चाहता श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है

प्रधानमंत्री ने कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए अपरिष्कृत खाद्य उत्पादों की बजाय संसाधित खाद्य वस्तुओं के निर्यात की आवश्यकता पर बल दिया श्री मोदी ने कहा कि किसानों के लिए सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें आर्थिक संसाधन बेहतर बुनियादी सुविधाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सके नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मरू प्रदेश राजस्थान के विशेष हालात को देखते हये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए उन्होने कहा कि राजस्थान में खनिज सम्पदा की अधिकता है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

आतंकवाद विरोधी अभियान के अलावा जमीनी और हवाई प्रशिक्षण भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है

किशनगढ़ से अब तक दिल्ली हैदराबाद इंदौर अहमदाबाद बेलगांव बेंगलुरु से सूरत के लिए उड़ानें संचालित की जा रही थी एयरपोर्ट निदेशक आरके मीणा ने बताया कि जल्द ही लखनऊ और उदयपुर के लिये भी उड़ाने में शुरू होगी

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाएं साझा करने का आग्रह किया है श्रोता नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं

इस बीच आज जयपुर में शहीद स्मारक पर अजमेर और भरतपुर संभाग के पटवारियों ने धरना दिया पटवारी महासंघ के पदाधिकारी राजाराम गूर्जर ने आकाशवाणी को बताया कि पटवारियों को बहत कम मानदेय दिया जा रहा है

बाद में जालोर अभिभाषक संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि देश का विश्वास कानून में बनाये रखना अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी है

पुलिस मामले की जांच कर रही है पानी की डिग्गी में एक महिला के गिरने के बाद उसे बचाने के प्रयास में दो और लोगों की डूबने से मौत हो गई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक ट्वीट कर इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है

जिले के टिब्बी के सालीवाला गांव में दीवार की नींव खोदते समय पास की कच्ची दीवार भरभराकर गिरने से यह हादसा हुआ मलबे में तीन लोग दब गये आसपास के लोगों ने तत्काल तीनों को निकाला और टिब्बी चिकित्सालय भर्ती करवाया जहां से तीनों को जिला चिकित्सालय रैफर कर दिया जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया

मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि अगले तीन चार दिन में तापमान और बढ़ने की संभावना है